जूडा हड़ताल मानदेय बढ़ाने और बेहतर संसाधनों की मांग को लेकर हड़ताल पर चल रहे प्रदेश के भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर और रीवा मेडीकल कॉलेज के जूनियर डाक्टरों ने आज सामूहिक इस्तीफा दे दिया हड़ताल के चलते चिकित्सा सेवायें प्रभावित हुई हैं जूनियर डाक्टर एसोसियेशन के पदाधिकारी सुशील यादव ने बताया कि कल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक असफल होने के बाद जूनियर डाक्टरों ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया था उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में मध्यप्रदेश की तुलना में जूनियर डाक्टरों को कहीं ज्यादा मानदेय मिलता है इसमें ग्रामीण इलाकों में सेवाये देने के लिए मिलने वाला मानदेय भी शामिल है हालांकि राज्य सरकार ने महाविद्यालयों की स्वशासी समितियों के तहत कार्यरत सभी संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित करते हुए आगामी तीन महीने के लिए सामूहिक अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है राज्य सरकार ने एस्मा के तहत कल एक आदेश जारी कर ये कार्रवाई की

मंत्रालय समग्रता के साथ इन स्थलों को विकसित करेगा इनमे गंतव्य स्थल की कनेक्टिविटी पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं कौशल विकास स्थानीय समुदायों को जोड़ना प्रचार और ब्रांड बनाना और निजी निवेश आकर्षित करना सम्मिलित है यह जानकारी आज केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे अल्फोंस ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी राज्यवर्धन केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि सरकार ने बिचौलियों को समाप्त कर किसानों को तैयार बाजार उपलब्ध कराया है जिसमें वे उचित और मुनाफा दर में अपने उत्पाद बेच सकते हैं इस व्यवस्था के जरिये ज्यादा से ज्यादा बाजारों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम से जोड़ा जा रहा हैं यह एक इलैक्ट्रोनिक व्यापार पोर्टल है जिसे पूरे भारत में उपलब्ध कराया गया है इस पोर्टल के माध्यम से कृषि उत्पाद की सभी मंडियो को जोड़ कर एक संयुक्त राष्ट्रीय बाजार का सृजन किया जाता है

सीएम यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा में आयोजित किसान महासम्मेलन में फसल बीमा योजना के तहत एक लाख बाइस हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग चार सौ तैतालीस करोड़ रुपये ट्रांसफर किये इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के किसानों की उपज बाजिब दाम पर खरीदकर विदेशों में निर्यात करेगी इससे किसानो को लाभ होगा इससे पहले मुख्यमंत्री ने शहर के दुर्गानगर चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया

एसबीआई समझौता भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम सहित कई बैकों और वित्तीय संस्थानों ने फंसे हुए ऋणों की समस्या को तेजी से हल करने के लिए समझौता किया है इस समझौते के अंतर्गत बैंकों के संघ के कम से कम पचास करोड़ रूपए के फंसे ऋणों की समस्या का समाधान किया जाएगा यह समझौता सशक्त योजना का हिस्सा है

केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को बैकिंग उद्योग की समस्याएं हल करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है सीएम बेलदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेलदार समाज के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिये सीहोर रायसेन और भोपाल में शिविर लगाये जायेंगे श्री चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास परिसर में मध्यप्रदेश बेलदार समाज के महासम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि बेलदार समाज के लोगों से संबल योजना में पंजीयन करया जायेगा जिससे उन्हे योजनाओं का लाभ मिल सके उन्होंने कहा कि इस योजना में दो सौ रुपये फ्लैट रेट पर बिजली और बच्चों की शिक्षा के लिये फीस राज्य सरकार द्वारा भरवाने जैसे अनेक कल्याणकारी प्रावधान किये गये हैं उन्होंने कहा कि समाज के भवन के लिये भूमि आवंटन आवेदन पर नियमानुसार सहानभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा एक्सप्रेस वे प्रदेश में दो एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव है

राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लेने के बाद इन दोनों एक्सप्रेस वे पर काम शुरू हो सकता है नौ सौ छियासी किलोमीटर लंबे इंटर कॉरिडोर और छह सौ उन्यासी किलोमीटर लंबे फीडर रूटों के अलावा मध्य प्रदेश में भारतमाला परियोजना के तहत लगभग तीन हजार एक सौ अस्सी किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों का निर्माण करने की योजना है साथ ही भोपाल और इंदौर में लॉजिस्टिक्स पार्क भी बनाने की योजना है मौसम बारिश मौसम विभाग ने प्रदेश के आठ जिलों में आगामी चौबीस घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में आने वाले तीन दिन तेज बारिश की सम्मावना है विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में हवा का कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिससे सागर गुना अशोकनगर छतरपुर दमोह विदिशा राजगढ़ और रायसेन में भारी बारिश की संभावना है वही हमारे शिवपूर्री संवाददाता ने बताया है कि जिले मे पोहरी की बिलुआ नदी पर बने रपटे में एक व्यक्ति की डूबने से मौत की खबर है जबलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से बरगी बाँध के गेट खोल दिये गये हैं गेट खुलने से प्रशासन ने रायसेन जिले के निचले क्षेत्रों में रहवासियों को सतर्क रहने की ने अपील की है नीमच जिले में अब तक चार सौ इन्क्यानवे मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है मुरैना जिले में अब तक दो सौ बासठ मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई